गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

दिल्ली में रानी झांसी रोड़ के अनाज मंड़ी इलाके में भीषण अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक रेहान को गिरफ्तार कर लिया है इस अग्निकांड में समस्तीपुर जिले के पन्द्रह लोगों समेत राज्य के तीस से अधिक लोगों की मौत हुई है उत्तरी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि इमारत मालिक रेहान के साथ प्रबंधक फुरकान को भी गिरफ्तार किया गया है उन्होंने बताया कि गैर इरादतन हत्या के अन्तर्गत रेहान को हिरासत में लिया गया है बताया जा रहा है कि अग्निंकाड से प्रभावित फैक्ट्री के संचालन के लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया था और ना ही दमकल विभाग से भी कोई औपचारिक अनुमति ली गई थी पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है अब घटनास्थल से और शव मिलने की संभावना नहीं हैं उन्होंने कहा कि घटना में घालय पचास से अधिक लोगों को चार सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था अग्निशमन विभाग के डिप्टी चीफ फायर आफिसर सुनील चौधरी ने बताया कि अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने और झुलसने की वजह से हुई है राज्य में सोलह सौ दस पैक्सों के लिए पहले चरण का मतदान आज हो रहा है इस चरण में लगभग साठ हजार उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होगा इन पैक्सों के लिए मतदान सुबह सात बजे से अपराहन तीन बजे तक होगा लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान दोपहर दो बजे तक ही किया जा सकेगा पैक्स चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने एक नियंत्रण कक्ष बनाया है जहां कोई भी प्रत्याशी या मतदाता अपनी शिकायत द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच एक एक आठ पर दर्ज करा सकते हैं केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ई पोस्ट ऑफिस से डाकघर की कई सेवाऐं लोगों को घर बैठे मिलेंगी श्री प्रसाद ने पटना के नये उप डाकघर का उदघाटन करते हये कहा कि इस सेवा के अन्तर्गत सब्सिडी प्रधानमंत्री अनुदान राशि और छात्रवृत्ति को खाते में सीधे भेजा जा सकेगा उन्होंने कहा कि अन्य पारंपरिक डाक सेवाएं भी आसानी से मिलेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूलिस की कारगर भूमिका पर जोर दिया है वह पुणे में चौवनवें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि पूलिसकर्मियों को बच्चों और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गो में भरोसा पैदा करने के लिए अपनी छवि सुधारने का प्रयास करना चाहिए केन्द्र सरकार की ओर से देशभर में चलाये सार्थक पहल इंस्पायर अवार्ड मानक में राज्य के चार सौ तेईस छात्रों के विचारों को नवाचार के लिए चुना गया है इसमें सबसे अधिक वैशाली जिले से चौरासी छात्र चयनित किये गये हैं बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि इंस्पायर अवार्ड मानक पोटर्ल पर पुरस्कार के लिए दस हजार छात्रों ने नामांकन कराया था जिसमें से इन छात्रों का चयन किया गया है कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि चयनित छात्रों के बैंक खातों में दस दस हजार रूपये भेजे गये हैं जिससे वे अपने चयनित विचारों का मॉडल तैयार करेंगे लोकसभा में आज नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया जाएगा विधेयक का उद्देश्य चुनी हुई श्रेणियों में अवैध प्रवासियों को छूट देने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करना है इस विधेयक के माध्यम से नागरिकता संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ पचपन में संशोधन किया जाएगा जिससे हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई समुदायों के अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता के योग्य बन सकें इस विधेयक में इन छह धर्मो के शरणार्थियों की नागरिकता के लिए ग्यारह वर्ष की समय सीमा घटाकर छह वर्ष करने का प्रावधान करता है यह विधेयक ऐसे शरणार्थियों को अवैध प्रवासी बताए जाने के बाद उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई से भी छूट देगा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अगले वर्ष जनवरी के अंत तक एक सौ बीस नगर बसों को सीएनजी में बदलेगा परिवहन विभाग के सचिव ने बताया कि बसों को सीएनजी में बदलने पर पांच करोड़ रूपये खर्च होंगे शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बीस बसों को सीएनजी में बदलने का काम शुरू कर दिया गया है राज्य के गोपालगंज निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा लगातार पांचवीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चूने गये हैं श्री मिश्रा ने गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय से अपनी वकालत शुरू की थी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के प्लेट ग्रुप में बिहार का पहला मुकाबला आज से पुड्ड्रचेरी के खिलाफ पटना के मोईनुल हक स्टेडियम में शुरू हो रहा है इसके लिए बिहार क्रिकेट ऐसोसिएशन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है सीतामढ़ी में खेली जा रही छियालीसवीं राज्य जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में पटना ने नालंदा को पन्द्रह के मुकाबले चौंसठ अंकों से पराजित कर दिया पंजाब में चल रहे अंडर फोर्टीन राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य के हनी सिंह ने दो सौ मीटर दौड़ में कास्य पदक जीता है गया जंक्शन के पास गोलीबारी कर दहशत फैलाने के आरोप में पुलिस ने तीन यूवकों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार यूवकों के पास से एक देसी पिस्तौल चार कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गये हैं नवादा जिले के सिरदला जंगल में पूलिस ने तस्करों से दूर्लभ प्रजाति के सात सांप बरामद किये है एसएसपी अभियान आलोक कुमार ने बताया कि तस्कर सपेरों से सांपों को खरीद रहे थे उन्होंने कहा कि पकड़े गये रेड सैंड बोआ सांप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दो करोड़ रूपये बतायी जाती है पूर्वी चम्पारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र से पूलिस ने चार लाख रूपये मूल्य का छुहारा जब्त किया है मूजफ्फरपूर में सेना बहाली को लेकर चल रहे शरीरिक जांच दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा उन्नीस जनवरी और तेईस फरवरी को ली जायेगी पश्चिम चम्पारण जिले के नगर थाना क्षेत्र के सिरजी ब्रहम्पुर गांव में एक विशाल अजगर सांप के आ जाने से लोगों में दहशत फैल गयी बाद में वन विभाग के कर्मियों ने उसे पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया राज्य के कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यायल की छात्राओं को कराटे में अपना करियर बनाने के लिए छत्तीस दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार इन स्कूलों में अगले वर्ष मार्च तक इस योजना को लागू कर दिया जायेगा योजना के तहत छात्राओं को इच्छा अनुसार ब्लैक बेल्ट तक प्रशिक्षण मिलेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नई दिल्ली में अग्निकांड की घटना को बड़ी खबर बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है दिल्ली में आग बिहार के तीस मरे दैनिक जागरण लिखता है दिल्ली की फैक्ट्री में भीषण आग तैंतालीस लोगों की मौत दैनिक भास्कर ने रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर के हवाले से लिखा है रघु्राम राजन बोले अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में सारी शक्तियां पीएमओ के पास रखना ठीक नहीं प्रभात खबर ने दुष्कर्म के मामलों के जल्द निबटारे को चौवन फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन आज अखबार की बड़ी खबर है आलू के नाम पर भारत से नेपाल भेज दी छत्तीस सौ क्विंटल प्याज

गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज